न्यायाधीश अजय राज शर्मा ने मोहम्मद सैफ सरवर आजमी सैफुर्रहमान और सलमान को बम विस्फोटों का दोषी माना

श्री प्रसाद आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार देश की बेहतरी के लिए काम कर रही है और इसका मकसद वोट बैंक नहीं है

सभा से पहले भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज जयपूर में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया प्रदर्शन में केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कोन्द्रीय मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनियां कई विधायक भाजपा नेता और पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कई संगठनों की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हुए

आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की हिंसा से बचने की भी अपील की

नई दिल्ली में आज एसोचेम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष मे देश ने अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित और हासिल किये जा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा

प्रधानमंत्री ने कार्यकम में शामिल करने के लिए लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है

श्री गहलोत आज जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करते हुए ये बात कही श्री गहलोत ने कहा कि आवासन मंडल के मकानों की गुणवत्ता को लेकर आमजन में बहुत अच्छी धारणा नहीं है बोर्ड को बेहतरीन क्वालिटी के मकान बनाकर इस धारणा को बदलना चाहिए

उन्होंने कहा कि आवासन मण्डल को हमारी सरकार और मजबूत बनाएगी उन्होंने कहा कि चारदीवारी स्थित आतिश मार्केट में आमजन के लिए पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी

श्री मिश्र ने आज जयपुर में अपने कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में सुझाव भेजा जा चुका है उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को इससे अलग रखा गया है उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाने के साथ अद्यतन करना भी जरुरी है उन्होंने विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में संविधान के मूल कर्तव्य और प्रस्तावना को भी पढाने पर जोर दिया विश्वविद्यालयों में खाली पदों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत भर्ती होनी चाहिए

हादसे में कार में सवार एक महिला और बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गयी ये लोग कोटपुतली से हरियाणा जा रहे थे कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है

विभाग ने अलवर भरतपुर धौलपुर गंगानगर हनुमानगढ और झुंझनू जिलों में कल घने कोहरे की संभावना जतायी है उधर प्रदेश में सर्दी के दौरान हो रहे कोहरे को देखते हुए बीकानेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढा दी है